राज्य की पंचायतों में ऑनलाइन कामकाज में तेजी लाने के लिए वीसैट लगाएगी सरकार नीदरलैंड के एमस्टरडैम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया शुभारम्भ ऊना ज़िले के घालूवाल में भीषण अग्निकाण्ड में प्रवासी मजदूरों की सौ झ्रग्गियां राख जनमंच राज्य सरकार ने लोकसभा चुनाव के बाद सभी ज़िलों में आज पहले जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया

उन्होंने कहा कि जनता व सरकार के बीच दूरियों को पाटने के लिए मुख्यमंत्री ने ये कार्यक्रम शुरू किया है सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने मण्डी सदर की कोटली पंचायत में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की उन्होंने अधिकारियों को जनता के प्रति ईमानदार रहने और समस्या के समाधान के लिए दृष्टिकोण में नयापन लाने के निर्देश दिए महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि नशे की समस्या को जड़ से मिटाने के लिए सरकार गम्भीर है और अभिभावकों को भी इस दिशा में प्रयास करने की ज़रूरत है

इस दौरान शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि राज्य सरकार ने जन कल्याण के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं ताकि विकास को एक नई दिशा और गति दी जा सके उन्होंने बताया कि अध्यापकों के रिक्त पद भरने के लिए नई भर्तियां की जा रही हैं

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योग को अपनाने से शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है

जयराम ठाकुर ने कहा कि दुनिया भर में लाखों लोग योग से लाभान्वित हुए हैं और इसका प्रभाव रोज़ाना बढ़ रहा है स्केटिंग इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल शाम एमस्टरडैम में आईस स्केटिंग और आईस वर्ल्ड के निदेशक विश्वराज जडेजा से भेंट की मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला को वर्ष भर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय आईस स्केटिंग स्पर्धाओं की मेज़बानी करने और पर्यटन को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने के लिए सक्षम बनाया जाएगा जयराम ठाकुर ने कहा कि इस कार्य को पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी व निजी सहभागिता से विकसित किया जाएगा उन्होंने बायो आईएनसी के प्रतिनिधियों से भेंट कर प्रदेश में बायोटेक क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर भी चर्चा की कांग्रेस शिमला स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज शिमला शहरी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर विशेष रूप से मौजूद रहे सम्मेलन में पार्टी की मज़बूती को लेकर चर्चा हुई और सराहनीय कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया कुलदीप राठौर ने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव परिणामों से हताश न होने की सलाह देते हुए संगठन की मज़बूती के लिए एकजुट होकर कार्य करते रहने का आह्वान किया आग ऊना ज़िले में हरोली के घालूवाल में आज एक अग्निकाण्ड में प्रवासी मज़दूरों की करीब सौ झुग्गियां जलकर राख हो गईं आग की लपटें इतनी भयानक थीं कि मजदूर मुश्किल से अपनी जान बचा सके ऊना से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार तेज हवाओं के बीच आग तेजी से फैली और कुछ ही देर में सारी झुग्गियां राख हो गई

आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है

प्रदेश के विभिन्न भागों में योग दिवस को खास बनाने के लिए पूर्वभ्यास करवाए जा रहे हैं

एक बयान में उन्होंने कहा कि पार्टी आने वाले समय में भी जनता के बीच रहकर मेहनत करेगी और लोगों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा

इसके माध्यम से स्कूली बच्चों आम लोगों और शिमला घूमने आए पर्यटकों ने ज्ञान अर्जन किया अभिलेखागार के तकनीकी अधिकारी देवेन्द्र शर्मा ने बताया कि राष्ट्रपिता की जयंती के उपलक्ष्य में आने वाले दिनों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे

नरेन्द्र मोदी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मन की बात का यह पहला संस्करण होगा शतरंज नाहन के युवा शतरंज खिलाड़ी अनुभव शर्मा राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे

अनुभव शर्मा ने हाल ही में मण्डी में हुई राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में शानदार खेल का प्रदर्शन किया था सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने युवाओं से खेल गतिविधियों में बढ़चढ़ कर भाग लेने का आहवान किया है वे सोलन जिले की कोटबेजा पंचायत के ठन्डू गोनाई में कबड्डी प्रतियोगिता के शुभारम्भ पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि खेलों से जहां अनुशासन की प्रेरणा मिलती है वहीं प्रतिस्पर्धा और आपसी मेल मिलाप को भी बढ़ावा मिलता है

इस उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं